राज्य सरकार के एक साल का कार्यकाल प्ररा होने पर प्रदेशभर में होंगे कई कार्यक्रम भाजपा जारी करेगी आरोप पत्र मौसम विभाग ने राज्य में आगामी दिनों में कुछ स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि के कारण ठंड बढ़ने की संभावना जताई

इससे पहले आज इस विधेयक पर चर्चा और पारित कराने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने इसे सदन में पेश किया गया

गृहमंत्री ने कहा कि यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि यह कानून एक समुदाय विशेष के खिलाफ है जो सच नहीं है गृहमंत्री र्न पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की आशंकाएं दूर करते हुए कहा कि इससे उनके हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा कांग्रेस के आनंद शर्मा ने सदन में विधेयक पर चर्चा शुरू करते हुए आरोप लगाया कि यह विधेयक संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है इधर कांग्रेस ने नागरिकता संषोधन विधेयक सीएबी के विरोध में आज जयपुर में धरना दिया इसमें मुख्यमंत्री अषोक गहलोत उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट प्रदेष कांग्रेस प्रभारी अविनाष पांडे सहित राज्य मंत्रीपरिषद के अनेक सदस्यों ने भाग लिया

मंत्रिमंडल ने सर्किट हाउस के कैंडर में बदलाव को भी मंजूरी दे दी है मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य सरकार के कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर कई कार्यक्रम आयोजित करने को भी मंजूरी दी गयी

साथ ही विद्याधर नगर स्टेडियम में किसान सम्मेलन का आयोजन होगा

उन्होंने बताया कि इसके लिए जल्द ही केंद्रीय दल इन गांवों का दौरा करेगा

उन्होंने कहा कि विश्व के बाजार के अनुरूप शिक्षा में व्यावहारिक तकनीकी बदलाव करना जरूरी है श्री मिश्र आज जयपुर के एक विश्वविद्यालय में आयोजित पश्चिम क्षेत्र के विश्वविद्यालयों के कलपतियों के सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे

इस प्रदर्शनी में डिजीटल माध्यमों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम और कर्केन्द्र की विभिन्न योजनाओं की नवीनतम जानकारी दी जा रही है प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए पत्र सुचना कार्यालय की अपर महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड ने बताया कि लोग जागरूक होकर इन योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं साथ ही अन्य लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं

जिला कलेक्टर शिव प्रकाश मदन नकाते और जयपुर के टॉउन प्लानर वी के दलेला ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इन गांवों में शहर की तर्ज पर भी विकास कार्य हो सकेंगे और ग्रामीणों को सुविधाएं मिल पाएंगी दोनों अधिकारियों ने शहर के विकास के लिए बनाए गए नए मास्टर प्लान के पोस्टर का आज विमोचन भी किया

मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है